सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा जारी लोकसभा पहले ही कर चुकी है पास

केंद्रीय वन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चौबीसवीं अखिल भारतीय वन खेल महोत्सव का आज रायपुर में किया उद्घाटन प्रधानमंत्री आरक्षण विधेयक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार का यह प्रयास है कि हरेक गरीब व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के गरिमापूर्ण जीवन जिए और उसे सभी संभव अवसर प्राप्त हों आज महाराष्ट्र में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है लोकसभा में सामान्य वर्ग के कमजोर तबकों के लिए शिक्षा और रोजगार में दस प्रतिशत आरक्षण संबंधी एक सौ चौबीसवें संविधान संशोधन के पारित होने के बारे में श्री मोदी ने कहा कि यह देश के इतिहास में युगांतकारी कदम है कल देर रात लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास हआ

हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले अन्याय की भावना खत्म हो गरीब भले ही वो किसी भी क्षेत्र का हो उसे विकास का पूरा लाभ मिले अवसरों में प्राथमिकता मिले प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अन्य वर्गों के आरक्षण को बिना छेड़े सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ देने जा रहे हैं कृछ लोग आरक्षण के नाम पर और वोट बैंक की माइनॉरिटी की राजनीति करने पर तुले हुए थे हमने दिखा दिया जो दलितों को मिलता है जो आदिवासियों को मिलता है जो ओबीसी को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है ये अतिरिक्त दस प्रसेंट दे करके हम सबने न्याय देने की दिशा में काम किया है राज्यसभा लोकसभा आरक्षण विधेयक राज्यसभा में आज सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक सौ चौबीसवां संविधान संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पेश किया गया जिस पर चर्चा जारी है इससे पहले कल लोकसभा में संशोधन विधेयक पारित हो गया यह विधेयक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सीधे भर्ती और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगा सदन के तीन सौ तेईस सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में और तीन ने इसके खिलाफ वोट दिया

लोकसभा में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है और विधेयक सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समान अवसर प्रदान करेगा केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि यह सबको समान अवसर देने के लिए उठाया गया कदम है और इससे सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित होगा संसद बजट अधिवेशन संसद का बजट अधिवेशन इकतीस जनवरी से शुरू होकर तेरह फरवरी तक चलेगा

राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की आज दोपहर नई दिल्ली में हुई बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया

बढ़ी दर लोक सम्पर्क और संचार ब्यूरो द्वारा प्रिंट मीडिया को दिए जाने वाले विज्ञापनों के वर्तमान ढांचे से अलग होगी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि शुल्क में वृद्धि मंत्रालय द्वारा गठित आठवीं दर ढांचा समिति के सुझायों के आधार पर की गई है मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से खासकर लघु और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों सहित क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों को लाभ पहुंचेगा विशेष सशस्त्र बल समिति पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की चार दशक पुरानी संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव लाने नवीन छत्तीसगढ़ विशेष सशस्त्र बल अधिनियम तैयार करने एक समिति का गठन किया है इस समिति में आशुतोष सिंह ओपी चंदेल एमआर मंडावी राकेश सिंह पी भट्टाचार्य और जीके टेम्भुरकर को शामिल किया गया है समिति दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी गौरतलब है कि राज्य निर्माण के अट्ठारह वर्ष बाद भी छत्तीसगढ़ में मध्यप्रदेश में विशेष सशस्त्र बल अधिनियम उन्नीस सौ अड़सठ और संशोधित वर्ष उन्नीस सौ तिहत्तर का पालन किया जा रहा है इसलिए नवीन छत्तीसगढ़ विशेष सशस्त्र बल अधिनियम बनाने समिति का गठन किया गया है मुख्यमंत्री अभिनंदन समारोह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार अपनी नई उद्योग नीति में ऐसे प्रावधान करेगी जिससे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा इससे प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा श्री बघेल रायपुर में उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए विधानसभा समाचार छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सत्र के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हई चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने शराबबंदी का मामला उठाया उन्होंने सरकार से शराबबंदी का वादा प्रा करने के लिए कहा श्री जोगी ने कहा पंद्रह सालों में राज्य में शराब की खपत पंद्रह गुना बढ़ गई उन्होंने कहा कि शराब की नई विदेश ब्रांड के पंजीयन का जो आदेश राज्य सरकार ने निकाला है इससे ठेकेदारी प्रथा बढ़ेगी इसलिए इसे लागू न किया जाए सदन में कांग्रेस विधायक अमरजीत भगत ने कांग्रेस को किसानो की सरकार बताया उन्होंने कहा कि झीरम घाटी मामले में निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना दी इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि आपकी सूचना मेरे पास विचाराधीन है अनुपूरक बजट पारित छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल दस हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का तीसरा अनुपूरक बजट पारित किया गया इसे मिलाकर अब राज्य का बजट एक लाख करोड़ रूपये से ज्यादा का हो गया है विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए अपनी सरकार के तृतीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कार्यभार ग्रहण करने के बीस दिनों के भीतर ही उनकी सरकार ने प्रदेश के किसानों गरीबों आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए किए गए वादों को पूरा किया है इस बजट पर आठ साल की सेवा पूरी र चुके एक लाख लाख नौ हजार संविलियन शिक्षाकर्मियों के नियमित वेतन भुगतान के लिए एक हजार आठ सौ इकतालीस करोड़ रूपए और पन्द्रह साल की सेवा पूरी कर चुके पांच हजार पांच सौ एक पंचायत सचिवों को उच्च वेतनमान देने के लिए सौ करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है श्री बघेल ने कहा कि इस बजट में तीन हजार सत्तर करोड़ दस लाख रूपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किसानों को बोनस देने के लिए किया गया है वन खेल महोत्सव चौबीसवीं अखिल भारतीय वन खेल महोत्सव आज से राजधानी रायपुर में शुरू हुआ केंद्रीय वन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेल महोत्सव का उद्घाटन किया इस मौके पर पूर्व क्रिकेटर वी वीएस लक्ष्मण भी उपस्थित थे स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में हो रही इस प्रतियोगिता में देश के उनतीस प्रदेशों सात केन्द्र शासित प्रदेशों और अखिल भारतीय स्तर के वानिकी तथा जैव संबंधी सात संस्थानों के लगभग चौबीस सौ खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इसमें क्रिकेट हॉकी फूटबॉल वालीबॉल बास्केटबॉल कबड्डी सहित अन्य खेलों को शामिल किया गया है प्रतियोगिता का समापन तेरह जनवरी को होगा परिसंवाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जन्मशती के अवसर पर आज रायपुर के छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में एक परिसंवाद का आयोजन किया गया पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आऊटरीच ब्यूरो के सहयोग से आयोजित इस परिसंवाद का विषय था नौ जनवरी उन्नीस सौ पंद्रह को महात्मा गांधी की देक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी परिसंवाद को संबोधित करते हुए रीजनल आऊटरीच ब्यूरो रायपुर के अपर महानिदेशक सुदर्शन एस पनतोड़े ने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को महत्व दिया है और उन्नत समाज का निर्माण मानवता तथा समानता से ही संभव है वर्ल्ड बैंक निरीक्षण विश्व बैंक की तीन सदस्यीय टीम ने महिला स्व सहायता समूह द्वारा रायपुर जिले में चलाई जा रही बिहान योजना के कामकाम की समीक्षा की सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अतान् पुरकायस्थ के नेतृत्व में पहुंची विश्व बैंक की टीम ने कल मंदिर हसौद पंचायत में पेवर ब्लॉक निर्माण यूनिट और रीको पंचायत में साबून निर्माण के साथ ही धरसींवा के ग्राम अड़सेना में सेनेटरी नेपकीन निर्माण इकाई का अवलोकन किया इसे संचालित करने वाली महिला स्व सहायता समूह को केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत क्ल चार करोड़ पैंतीस लाख रूपये का कार्यादेश उपलब्ध कराया गया है टीम के सदस्यों ने महिला समूहों के कार्यों की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया है

सरगुजा में कल हाथियों के हमले से दो लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार ने आज प्रधान वन मुख्य संरक्षण वन्यप्राणी कौशलेन्द्र सिंह को इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं